केन्द्रीय कृषि मंत्री ने किसान आंदोलन जल्द समाप्त होने की जताई उम्मीद कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था रहेगी जारी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

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में घरों में उपचाराधीन कोरोना मरीजों को आवश्यकतानुसार उपचार के लिए अस्पतालों में स्थानांतरित करने के लिए सरकार अतिरिक्त वाहन प्रदान करेगी शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि इससे मरीज़ों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सुविधा होगी

मुख्यमंत्री ने घरों में उपचाराधीन कोविड मरीजों का कुशलक्षेम पूछने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किए जाने की ज़रूरत पर बल दिया

इस अवसर पर मुख्य सचिव अनिल खाची ने आश्वस्त किया कि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए एसओपी को सख्ती से लागू किया जाएगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी राज्य में नई शिक्षा नीति को प्रभावशाली तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य ज्ञान कौशल मूल्य और प्रवृति का विकास है इसके अलावा ये नीति देश की बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को भी पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी

उन्होंने आज मंडी ज़िले में नेरचौक मैडिकल कॉलेज का दौरा करने के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि नेरचौक मैडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन जैनरेशन प्लांट लगाया जाएगा जिससे इस अस्पताल को ऑक्सीजन खरीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना महामारी में जनता की सुरक्षा के लिए लगातार काम में जुटे हैं उन्होंने कहा कि भारत के वैज्ञानिक कोरोना का टीका बनाने के लिए प्रयासरत है और जल्द ही कामयाबी मिलने की उम्मीद है

वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज हमीरपुर में कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर हुई बैठक में बताया कि सरकार संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है

वन मंत्री ने जिला प्रशासन व विभागों से पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ कार्य करने का आहवान किया ताकि संक्रमण की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके कुषि मंत्री केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि बिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था बनी रहेगी उन्होंने कहा कि किसानों को इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि इसे हटाया जा रहा है कृषि मंत्री ने आज नई दिल्ली में किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि कोन्द्र सरकार किसानों की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि किसान जल्द ही अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना ज़िले के कुटलैहड़ क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए मज़बूत बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र के अनेक रमणीक स्थलों में वीकेंड टूरिज्म को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है

अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य सरकार से ऊना अस्पताल में व्यवस्था सुधार के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है उन्होंने आज अस्पताल परिसर का दौरा किया और मरीजों से भी बातचीत की अग्निहोत्री ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर केवल रैफर किया जा रहा है भाजपा प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष पुरूषोत्म गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जनता के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष को उन पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप पर भी टिप्पणी न करने की सलाह दी है इस बीच भाजपा के शिमला ज़िला अध्यक्ष रवि मेहता ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार धरातल पर बेहतरीन कार्य कर रही है जबकि कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ अनुचित बयानबाजी कर रहे हैं शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि महामारी को लेकर पार्टी जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है जिसे सरकार और संगठन के तालमेल से चलाया जाएगा बिंदल नाहन से भाजपा विधायक राजीव बिंदल ने कहा है कि क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान के लिए योजनाओं पर कार्य लगातार जारी है

इसके तहत क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और अधिक सुदृढ़ होगी जागरूकता किन्नौर जिले में लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए एक जागरूकता वाहन को उपायुक्त हेमराज बैरवा ने हरी झण्डी दिखाई उन्होंने कहा कि ये वाहन गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगा उपायुक्त ने कहा कि इस वाहन के माध्यम से कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों के संदेश भी प्रचारित किए जाएंगे

अब सक्रिय मामलों की कुल संख्या चार लाख नौ हजार छह सौ नवासी पर आ गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ऐसा लोगों की स्वस्थ होने की दर बढ़ने से संभव हुआ है देश में प्रतिदिन रोगियों के स्वस्थ होने की वजह से पिछले आठ दिनों में दर्ज होने वाले दैनिक मामलों में कमी आई है